प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को आजादी दिलाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के योगदान को किया याद प्रदेश के पूर्ण राज्यत्व दिवस के स्वर्ण जयंती समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह व भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा होंगे शामिल उंचाई वाले इलाकों में हिमपात से समूचे प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ा लोगों को एहतियात बरतने की सलाह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

इस अवसर पर उन्होंने भारत को आजाद कराने में नेताजी सुभाष चंद बोस के योगदान को याद किया उन्होंने नेताजी और उनकी जन्म भूमि बंगाल को भी नमन किया प्रधानमंत्री ने कहा कि महान स्वाधीनता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अंग्रेजों का शासन समाप्त करने के लिए स्वतंत्रता संग्राम के दौरान देशवासियों को एकजुट करने में प्रेरक भूमिका निभाई

नेताजी सुभाष चन्द्र बोस ने स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश राज के खिलाफ पूरे देश को एकजुट करने की जरूरत पर बल दिया था उन्होंने देशवासियों से अपील की थी कि वे मातृभूमि के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें

लाहौल स्पीति ज़िला मुख्यालय केलंग में कड़ाके की ठंड व माईनस तापमान के बावजूद कार्यक्रम आयोजित कर नेताजी को याद किया गया इस अवसर पर उपायुक्त पंकज रॉय ने सुभाष चंद्र बोस के चित्र पर श्रद्धासुमन अर्पित किए उन्होंने कहा कि इस दिवस को मनाने का उद्देश्य युवाओं को राष्ट्र निर्माण की ओर प्रेरित करना है इधर हमीरपुर स्थित नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्मारक राजकीय महाविद्यालय में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई व इतिहास विभाग द्वारा सुभाष चंद्र बोस जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया गोविंद शिक्षा मंत्री गोविंद ठाकुर ने सड़क सुरक्षा अभियान को जनआंदोलन बनाने की ज़रूरत बताई है वे आज कुल्लू के ऐतिहासिक रथ मैदान में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा थीम पर आधारित ज़िला स्तरीय राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा अभियान की अध्यक्षता करते हुए बोल रहे थे

उन्होंने सभी से यातायात के नियमों का पालन सुनिश्चित करने का आग्रह किया

बिक्रम ठाकुर ने कहा कि ज़िला परिषदों के चार वार्डो में से तीन पर भाजपा समर्थित उम्मीदवारों ने भारी बढ़त के साथ जीत दर्ज की है उन्होंने कहा कि लोगों ने राज्य सरकार द्वारा तीन साल में करवाए गए विकासात्मक कार्यों पर मोहर लगाकर कांग्रेस को नकार दिया है

उन्होंने बताया कि समारोह में केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे जबकि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड़डा विशेष रूप से मौजूद रहेंगे

उन्होंने कहा कि अब तक विभिन्न राज्य सरकारों ने प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सशक्त प्रयास किए हैं

मुख्यमंत्री ने कहा कि मौजूदा सरकार का कार्यकाल उपलब्धियों भरा रहा है और प्रदेश को नई ऊंचाईयों तक ले जाने के लिए सरकार वचनबद्ध है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष क्लदीप सिंह राठौर ने राज्य के पूर्ण राज्यत्व दिवस पर सरकार द्वारा रिज मैदान पर किए जा रहे विशाल आयोजन पर सवाल उठाया है आज शिमला में एक पत्रकार वार्ता में उन्होंने कहा कि एक तरफ रिज के नीचे पानी के टैंक का मुरम्मत कार्य चल रहा है और इसके ऊपर विशाल पंडाल लगाना लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालना है कुलदीप राठौर ने कहा कि राज्य सरकार भाजपा नेताओं के बैनर लगाकर उनके गुनगान में करोड़ों रूपये खर्च कर रही है राठौर ने कहा कि जब हिमाचल पूर्ण अस्तित्व में आया था तो उन्हीं के नेताओं ने उसका विरोध किया था उन्होंने कहा कि प्रदेश निर्माण में भाजपा का कोई योगदान नहीं है और उनके नेता हिमाचल को पंजाब में मिलाने के पक्षधर थे मौसम प्रदेश में आज मौसम ने करवट ली है और बाद दोपहर से ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी हो रही है जबकि अन्य क्षेत्रों में बादल छाए हुए हैं इससे तापमान में गिरावट आई है और समूचे प्रदेश में ठंड का प्रकोप बढ़ गया है जनजातीय ज़िला लाहौल स्पीति में बर्फबारी से सड़कों पर सफर जोखिम भरा बना हुआ है ज़िला प्रशासन ने लोगों को एहतियात बरतने की सलाह दी है उधर चंबा ज़िला में बाद दोपहर से ऊंची चोटियों पर हिमपात जबकि निचले क्षेत्रों में वर्षा हो रही है कुल्लू ज़िला प्रशासन ने बर्फबारी को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों को ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तरफ न जाने की सलाह दी है